महाराष्ट्र में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सरकार का गठन भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेन्द्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बने एनसीपी नेता अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिन के सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातियों का विकास और सशक्तिकरण समग्र विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल विकास में पिछड़े जनजातीय लोगों के जीवन में सुधार के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके उचित दिशा निर्देश दे सकते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपालों को सार्वजनिक जीवन का लम्बा अनुभव है और देश को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए जल संसाधनों के संरक्षण और इसके उचित इस्तेमाल को देश की प्राथमिकता बताते हुए राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान को स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जन आन्दोलन बनाने को कहा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे श्री अमित शाह ने सम्मेलन को सम्बोमधत करते हुए कहा कि राज्यपाल केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में एक महीने से चल रहा राजनीतिक गतिरोध आज सुबह देवेन्द्र फडणवीस के नाटकीय तरीके से फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद समाप्त हो गया एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में आज तड़के राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के बाद भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और राष्ट्वादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई राज्यपाल भगत् सिंह कोश्यारी ने दोनों नेताओं को मुम्बई में राजभवन में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई शपथ ग्रहण समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने चुनाव में स्पष्ट जनादेश दिया था लेकिन शिवसेना ने अन्यं राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ की कोशिशें कीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है न कि खिचड़ी सरकार की संवाददाताओं से बातचीत में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से आज तक कोई भी अन्य पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी इससे किसानों समेत राज्य के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था इसीलिए उन्होंने राज्य में स्थिर सरकार देने के लिए यह कदम उठाया प्रधानमंत्री नरेन्द् मोदी केन्द्रीय मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने देवेन्द् फडणवीस और अजित पवार को बधाई दी है वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि शिवसेना ने गठबंधन से अलग होकर विश्वासघात किया है प्रदेश भाजपा में खुशी महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेन्द्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है हरिद्वार में उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की है कार्यकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षा के अनुसार वहां सरकार का गठन हुआ है भाजपा को वोट देने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का आभार भी व्यक्त किया उधर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा की आलोचना की है उच्चशिक्षा में नवाचार बागेश्वर में पंडित बद्री दत्त पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवाचार कार्यशाला का आयोजन किया गया संगोष्ठी में शिक्षा के नवाचार के लिए कौशल विकास में शिक्षा का योगदान पर विस्तार से चर्चा हुई साथ ही विद्यार्थियों को शैक्षणिक नवाचार के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी दी गई संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा में नवाचार की अहम भूमिका है नवाचार बच्चों के सहज विकास की प्रकिया के साथ तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण हैं नवाचारों के माध्यम से परम्परागत शैक्षिक जड़ता को तोड़ते हुए दक्षताओं को विकसित करने का प्रयास जरूरी है वक्ताओं ने कक्षा के अन्दर ही विभिन्न प्रकार के संदर्भ बनाए जाने पर जोर दिया जिनके आधार पर बच्चे भाषा को विविध तरीकों से उपयोग करने का अभ्यास कर सकें संगोष्ठी में बताया गया कि उच्च शिक्षा में किस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सकता है वक्ताओं ने कहा कि विकास और सुधार की कोई सीमा नहीं होती इसलिए शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि नवाचार एक सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर आगे के रास्ते खुद ब खुद मिलते हैं

अल्मोड़ा में भी घर घर जाकर लाभार्थियों को इस योजना की जानकारी दी जा रही है नगर पालिका के सिटी मैनेजर ने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है इसके तहत चयनीत लाभर्थियों को स्वच्छ भारत मिशन पर्यावरण सुरक्षा आयुष्मान भारत वृक्षरोपण जल संरक्षण ऊर्जा संरक्षण उज्ज्वला गैस आदि से जोड़ा जाएगा सीएम चमोली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले में देवाल ब्लॉक के लोहाजंग में पूर्व विधायक शेर सिंह दानू स्मृति सांस्कृतिक औद्योगिक एवं पर्यटन मेले का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने लोहाजंग में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र देवाल अस्पताल को सुविधाओं से लैस करने और तलवाड़ी महाविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की मेले के शुभारंभ के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए फिल्म फेस्टिवल गोवा में चल रहे अन्तरराष्ट्रीय भारत फिल्म उत्सव में शुक्रवार को फिल्म फैसिलेशन ऑफिस के प्रमुख विक्रमाजीत रॉय ने एकल खिड़की व्यवस्था में उत्तराखंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश द्वारा किए जा रहे कार्यो की सराहना की फिल्म बाजार के विशेष सत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा फिल्मों की शूटिंग के लिए अपनाई जा रही एकल खिड़की व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की गई कार्यक्रम में विक्रमाजीत रॉय ने कहा कि राज्य सरकारों को एकल खिड़की सुविधा को ऑनलाइन किया जाना चाहिए और इसको फिल्म सुविधाकरण कार्यालय से भी लिंक किया जाना चाहिए ताकि देश विदेश के फिल्मकारों को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए सुविधा हो सके उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के अपर कार्यकारी अधिकारी डा अनिल चन्दोला ने इस सत्र में बताया कि प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और नई संशोधित फिल्म नीति में एक सप्ताह के अंतर्गत फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी जा रही है उन्होंने बताया कि राज्य में इस व्यवस्था के कारण फिल्म उद्योग राज्य में शूटिंग के लिए आकर्षित हो रहे हैं भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के निदेशक भूपेन्द्र कैंथोला ने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्म के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है बॉलीवुड और दक्षिण भारत से भी कई फिल्मकार उत्तराखंड में शूटिंग के लिए आ रहे है उन्होंने कहा कि उनका संस्थान उत्तराखंड में फिल्मों से जुड़ी विधाओं पर कार्यशाला आयोजित करेगा गंगा संरक्षण बैठक रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने कहा है कि लगातार बढ़ती आबादी के कारण पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक कूड़ा और कस्बों में सीवरेज की गंदगी पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन रही है अलकनंदा नदी के तट पर जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाये जा रहे हैं समितियां गठित की गई हैं जो जनता को जागरूक करने के साथ ही सोर्स सेग्रिगेशन और स्वच्छता अभियान चला रही हैं लेकिन जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारियों और समितियों को सफाई कर्मचारियों का वेतन समय से देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जो भी कस्बे या गांव स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा आपको बता दें कि जिलाधिकारी जिला गंगा संरक्षण समिति के अध्यक्ष भी हैं मिशन इंद्रधन्ण बैठक टिहरी जिले में मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण अभियान को शतप्रतिशत सफल बनाने के लिए चार चरण निर्धारित किये गए हैं

जिलाधिकारी वी षणमुगम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये है कि टीकाकरण के लिए चिन्हित बच्चों और गर्भवती महिलाओं में से यदि एक भी टीकाकरण से वंचित रह जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी और टीम को एडवर्स एन्ट्री दी जाएगी

लंच विद लाडली रुद्रप्रयाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हर शनिवार को लंच विद लाडली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है

कार्यक्रम मे उपस्थित छात्राओं द्वारा बताया गया कि वे पहली बार जिला कार्यालय में आई हैं कुछ छात्राओं ने आईएएस के लिए चयन होने के बाद जिलाधिकारी के रूप में समाज सेवा करने की बात भी कही इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने अपने आवास में छात्राओं के साथ भोजन भी किया जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को जनपदस्तरीय अधिकारियो से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही संचालित योजनाओ और सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी देना है कॉर्बेट पार्क अलर्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास बावरिया गिरोह के सदस्यों की सक्रियता बढ़ने के बाद यहां अलर्ट जारी किया गया है अलर्ट के बाद टाइगर रिजर्व में गश्त बढ़ा दी गई है साथ ही टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा में पार्क प्रशासन ने सभी संसाधन लगा दिए हैं पार्क प्रशासन के मुताबिक शेरकोट और हरियावाला में बावरिया गिरोह की सक्रियता देखी गई है